इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिवंगत नेता को श्रद्वांजलि देने के लिए जलपेहड़ पहंचेंगे मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा है कि रामस्वरूप शर्मा मंडी के लोकप्रिय मुद्भाषी व सरल स्वभाव के ईमानदार सांसद थे जिनकी कमी प्रदेश को हमेशा खलेगी रामस्वरूप शर्मा मंडी संसदीय क्षेत्र से लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए थे विधानसभा प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के बाद विभिन्न दस्तावेजों की प्रतियों के अलावा सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे

सदन में कई अन्य विधायी कार्य भी निपटाए जाएंगे कोरोना प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या के बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है

डाक अदालत प्रदेश के परिमंडल कार्यालय और अधीनस्थ सभी प्रवर अधीक्षक डाकघरों के मंडलीय कार्यालयों में आठ अप्रैल को डाक अदालतों का आयोजन किया जाएगा चीफ पोस्टमास्टर जनरल ने शिमला से जारी एक बयान में बताया कि इसमें जनता की डाक संबंधी शिकायतें सुनी जाएंगीं

सुर्खियां समाचार पत्रों से मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन से जुड़ी खबर को आज सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है दिल्ली में पंखे से लटका मिला मंडी से भाजपा सांसद रामखरूप शर्मा का शव दिव्य हिमाचल के शब्द हैं सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध मौत दिल्ली में सरकारी आवास के कमरे में फंदे से लटका मिला शव दैनिक जागरण लिखता है सांसद रामस्वरूप ने की खुदकुशी बेटे ने मामले की मांगी न्यायिक जांच पंजाब केसरी का शीर्षक है करीबी बोले अचानक शारीरिक दुर्बलता से थे परेशान नहीं कर रहे थे किसी से लंबी बात दैनिक भास्कर का कहना है आज पैतुक गांव में होगा अंतिम संस्कार हिमाचल दस्तक ने लिखा है अंतिम संस्कार में शामिल होने जोगिंद्रनगर जाएंगे मुख्यमंत्री दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं आधिकारिक आवास पर छत के पंखे से लटका मिला शव कई बीमारियों से पीड़ित थे अजीत समाचार का शीर्षक है मोदी व जयराम सहित अन्य नेताओं द्वारा शोक व्यक्त आपका फैसला के अनुसार अंतराष्ट्रीय शिवरात्रि के कार्यक्रम रदद डेमोकेसी हिमाचल के मुताबिक जमीन से जड़े नेता और संगठन के प्रति समर्पित व्यक्तित्व

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं बाहरी धार्मिक पर्यटकों पर रखी जाएगी नजर आपका फैसला के अनुसार हिमाचल में एक बार फिर लग सकती है समारोहों पर रोक सीएम ने दिए संकेत

इसी समाचार पत्र के अनुसार प्रमाण पत्र सिक्योरिटी राशि वापस नहीं करने और कोरोना काल में वेतन नहीं देने पर तीन निजी विश्वविद्यालयों पर दो दो लाख रूपये जुर्माना हिमाचल दस्तक की एक अन्य खबर है फतेहपुर के बाद मंडी लोकसभा सीट पर भी होगा उपचुनाव रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद फतेहपुर उपचुनाव में भी हो सकती है देरी